सीएम बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लोगों को सरकारी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सके इसके लिए परिवहन निगम के वर्कशॉप परिसर में इंटीग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग स्थापित की जायेगी यह एक तरह का डिस्ट्रिक्ट सचिवालय होगा

मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम की इस भूमि की प्रतिपूर्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने के निर्देश दिये समिति एक प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपेगी पुलिस बैठक देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में आज साइबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल साक्षी संरक्षण योजना आगामी त्योहारों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक हुई बैठक में पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिला और परिक्षेत्र प्रभारियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए बधाई दी साथ ही उन्होंने मतगणना के लिए विशेष सर्तकता बरतने के निर्देश दिये पुलिस महानिदेशक ने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के सम्बन्ध में सभी जनपद प्रभारियों को शिकायतों को समय से निस्तारित करने के निर्देश दिये बैठक में महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा कि साइबर क्राइम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है लेकिन थाना स्तर पर इनका पंजीकरण नहीं हो रहा है उन्होंने सभी जनपद प्रभारियों को कहा कि ऐसे अपराधों को पंजीकृत किया जाए और इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए इसके अलावा त्योहार के मौसम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश दिये गए

इसके लिए तैयारियां तेज हो गई है

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनरों ने मतगणना कार्मिकों को सील मतपेटी खोलने मतपत्रों की छंटनी प्रत्याशीवार मतपत्रों की बंडलिंग गणना शुरू होने के बाद पर्यवेक्षकों और गणनाकारों की भूमिका की जानकारी दी गई जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मतगणना कार्मिको को बेहद सर्तकता और सावधानी के साथ मतगणना कार्यों को त्रुटिरहित पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर बिना अनुमति पत्र के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके एजेन्टों को भी मतगणना में शामिल होने के लिए आरओ के माध्यम पास जारी किए जाएंगे

उत्तरकाशी में भी जिला प्रशासन ने मतगणना के लिए तैयारियां शुरू कर दी है

उधर ऊधमसिंह नगर जिले के पंतनगर में मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया आज बाजपुर गदरपुर जसपुर और रुद्रपुर के मतदान कार्मिकों को चार पदों पर होने वाले चुनाव की मतगणना को निष्पक्षपारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया इस दौरान मतगणना के दौरान आने वाली छोटी छोटी दिक्कतों और मतगणना से जुड़े तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई बागेश्वर में भी मतगणना के लिए नियुक्त किये गये तीनों विकासखंडों के मतगणना पर्यवेक्षकों और मतगणना सहायकों को ट्रेनिंग दी गई

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बिना समाज और देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही महिलाओं के बीच आत्मसुरक्षा को मजबूत बनाने का अभियान चलाना होगा उन्होंने बालिकाओं का आह्वान किया कि वे प्रशिक्षित होने के बाद अपने आसपास भी बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा के गुर सिखायें आत्मसुरक्षा कैंप में बालिकाएं बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं गढ़वाल आयुक्त जायजा गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने केदारनाथ यात्रा पड़ाव का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने सीतापुर से गौरीकुण्ड होते हुए केदारनाथ तक यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गढ़वाल आयुक्त ने यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य चिकित्सा भवनों और बेस केंप में बने स्वामी विवेकानंद चिकित्सालय में जाकर भी व्यवस्थाएं देखी यात्रा मार्ग पर से तीर्थयात्रियों को दी जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर गढ़वाल आयुक्त ने खुशी जताई उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि के नाम से जानी जाती है इसलिए सबका दायित्व है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देते हुए देश विदेश में एक अच्छा संदेश दिया जाय केदारनाथ पहुंचने पर गढ़वाल आयुक्त ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की उन्होंने भगवान केदारनाथ के पुजारी से भी मुलाकात की इसके बाद उन्होंने सरस्वती और मंदाकिनी नदी पर बन रहे घाटों के साथ ही शंकराचार्य समाधि स्थल के कार्यों का जायजा भी लिया नीति आयोग सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में नवाचार के क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों में सिक्किम हिमाचल प्रदेश के साथ ही उत्तराखण्ड को सूचकांक में सबसे ऊपर स्थान दिये जाने पर खुशी जताई है मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की इस पहल से राज्यों को नवाचार के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और प्रदेश के विकास में भी नये प्रतिमान स्थापित होंगे आपको बता दें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर जारी सुचकांक में विभिन्न राज्यों द्वारा नवाचार के क्षेत्र में उनके प्रदर्शन को रेखांकित किया गया है इनोवेशन इंडेक्स में नवाचार के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों में सिक्किम हिमाचल प्रदेश के साथ ही उत्तराखण्ड को सूचकांक में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है जबकी अन्य राज्यों में कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र तेलंगाना तथा हरियाणा को नवाचार में शीर्ष स्थान दिया गया है

इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्दालू मौजूद रहे अब छह महीने तक भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना गोपेश्वर स्थित गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में होगी

इस मंदिर के चारों ओर पर्वत श्रंखलाएं और कई किलोमीटर मखमली बुग्याल फैले हुए हैं हर साल यहां हजारों की संख्या में देश विदेश से तीर्थयात्री और पर्यटक पहुंचते हैं अल्मोड़ा महोत्सव अल्मोड़ा महोत्सव के दूसरे दिन की आज आर्टिस्ट कैम्प का आयोजन किया गया

आर्टिस्ट कैंप में दूसरे राज्यों से भी आर्टिस्ट पहुंचे हैं इसके अलावा कोसी बैराज में विभिन्न साहसिक गतिविधियां संचालित की गई लोगों ने कयाकिंग वॉटर रोलर वॉटर जोर्बिंग रॉक क्लाइम्बिंग रैपिलिंग आदि का लुत्फ उठाया महोत्सव में मास्टर शेफ प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाये इसके अलावा स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारो ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी सजा बरकरार उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने काठगोदाम में एक बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में निचली कोर्ट के मृत्यदण्ड की सजा के आदेश को बरकरार रखा है कोर्ट ने इस अपराध को जघन्य माना है

इस घटना के बाद पूरे कुमाऊं में गम और गुस्से का माहौल छा गया था इस मामले में ट्रक चालक अख्तर अली प्रेम पाल और जूनियर मैसी उर्फ फौकसी को आरोपी बनाया गया था पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अपने केस को मजबूत किया था एनडी तिवारी श्रद्धांजलि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पृण्यतिथि पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय तिवारी के चित्र पर माल्यापर्ण कर उन्हें याद किया